मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वाय् प्रद्रषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने कल फेसब्क लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रदषण की समस्या प्रत्येक देश में है भारत में प्रद्षण के प्रमुख कारण परिवहन उद्योग कचरा प्रबंधन ध्ल और पराली का जलना है उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बीएस सिक्स लागू करने का फैसला किया है जिससे प्रद्वषण में कमी आनी श्रू होगी मेट्रो रेल और सीएनजी बसों ने प्रद्षण का स्तर कम करने में योगदान दिया है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ई बस और मेट्रो रेल सभी प्रमुख शहरों में आ रही हैं जिससे प्रद्रषण का स्तर शून्य होगा उन्होंने कहा कि प्रद्षण का स्तर घटाने में लोगों का सहयोग बहत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है उन्होंने कहा कि जब भी संभव हो लोगों को पैदल चलना चाहिए या साईकिल का इस्तेमाल करना चाहिए अम्ब्रेला ब्रांड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी ग्रोथ सेंटर बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित कर काम करें उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी खुद ग्रोथ सेंटरों में जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए और स्थानीय बाजारों पर भी फोकस किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की सीजनल ही नहीं बल्कि नियमित बिक्री सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि आसपास के कुछ ग्रोथ सेंटरों को मिलाकर एक पिकअप वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है इससे यातायात लागत कम होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों विशेषतौर पर महिलाओं के आत्मविश्वास में वद्धि हई है इस आत्मविश्वास को और बढ़ाना है उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अच्छा उदाहरण हैं

अन्य भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे

पर्यटन सचिव पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोदधार करवाए जाने का अन्रोध किया गया है पर्यटन सचिव ने तृंगनाथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से करवाए जा रहे यात्री सुविधाओं और स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि तृंगनाथ शिव भक्तों और साहसिक ट्रैकर्स का एक प्रिय स्थान है एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किए जा रहे निर्माण कार्यों का उददेश्य पर्यटकों को अधिकतम सुविधाएं पहंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकें और स्थानीय रोजगार में इजाफा हो सके उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि त्ंगनाथ यात्रा को संचालित करने में देवस्थानम बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग रूट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे और इसके साथ ही पर्यावरण विकास समिति का गठन भी किया जाएगा उन्होंने चोपता को कैंपिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात कही इसके लिए जिलाधिकारी और डीएफओ से प्रस्ताव लिए जाएंगे पर्यटन सचिव ने कहा कि यहां पर आवासीय सुविधाओं को विकसित करने के लिए वन विभाग से अनुमति के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम के पुराने बंगले का नवीनीकरण किया जाएगा पर्यटन सचिव ने कहा कि पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण औरलोकप्रिय ट्रैक रूट्स के निकट स्थित गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित कर रहा है भिक्षावति बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा है कि भिक्षावृति को उत्तराखंड से पूरी तरह समाप्त किया जाएगा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने भिक्षावृति में फंसे बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि के लिए अलग से बजट लाया जाएगा

उन्होंने आश्रम के अस्पताल गौशाला प्स्तकालय ध्यान कक्ष और परिसर का श्रमण किया राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके ग्रु रामकष्ण परमहंस का इतिहास पढ़ा हैं इसी से प्रेरणा लेकर वह लोहाघाट आई हैं उन्होंने कहा कि चारों ओर से बांज देवदार वृक्षों से धिरा मायावती आश्रम एक रमणीक स्थल है उन्होंने कहा कि य्वाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलना चाहिए

यह बस अड़डा लच्छीवाला में रेशम विभाग की जमीन में बनाया जाएगा

परिवहन विभाग ने यहां पर सर्वे श्रू कर दिया है

डोईवाला में कोई रोडवेज बस अड्डा ना होने के कारण यहां के निवासियों को देहरादून ऋषिकेश या हरिदवार बस अड्डे जाना पड़ता था यहां पर बस अड्डा बनने से लोगों को काफी सहलियत होगी सरकारी स्कूल चंपावत चम्पावत जिले के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हआ है दरअसल लॉकडाउन में घर लौट प्रवासी अब अपने बच्चों का प्रवेश अपने गांवों के ही सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं जिले के बाराकोट विकासखंड का राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वीनाडा तीन साल पहले गांव के लोगो के पलायन करने से बंद हो गया था यह स्कूल प्रवासियों के लौटने के कारण फिर से ख्ल गया है

इंटर कॉलेजों में भी छात्र संख्या नगण्य हो गयी थी जनजागरूकता अभियान नैनीताल नैनीताल जिले में लोक संगीत के माध्यम से जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है मुख्यमंत्री का नारा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं को ब्लंद करते हए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जागरूकता अभियान चला रहा है कोरोना जागरूकता शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया के साथ ही केबल नेटवर्क पर भी प्रसारित की जा रही है

लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार के इस जनआंदोलन में हिस्सा बनने की भी अपील की गई है वन विभाग कंभ अगले साल हरिद्वार क्भ मेले की तैयारियों में वन विभाग भी ज्ट गया है वन विभाग के प्रम्ख संरक्षक जयराज सिंह का कहना है कि टाइगर रिजर्व एरिया में हाथी की संख्या काफी अधिक है